यह प्रधानमंत्री के एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को करती है साकार

वे आज कर्नाटक के तुमाकुरु में युवा शक्ति नये भारत की परिकल्पना विषय पर युवाओं के सम्मेलन को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए संबोधित कर रहे थे

इसलिए हमारी सरकार द्वारा संकल्पबद्ध होकरे लगातार प्रयास किया जा रहा है प्रधानमंत्री ने तीन पूर्वोत्तर राज्यों के चुनावी नतीजों के बारे में कहा कि पुरानी नीतियों के कारण पूर्वोत्तर के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे लेकिन पिछले चार वर्षों में एनडीए सरकार की नीतियों ने इस अंतर को पाट दिया है और लोगों ने एनडीए को वोट देकर विभाजन की राजनीति को खारिज कर दिया है

मैं इसे राजनीतिक दलों के जय पराजय के तराजू से ँनहीं देखता हूं और इसलिए मैं कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट के चूनावों के नतीजे के बाद देश ने जो मिजाज देखाया है वह हर नॉर्थ ईस्ट व्यक्ति के दिल में प्ररा भारत उनकी भावनाओं के साथ जुड़ा है उसका एक ताकतवर संदेश दिया है देश की एकता के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए ये भावनाओं की ताकत बहुत बड़ी होती है

उन्होंने कहा कि भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है

श्रो मोदी ने कहा कि यह यूवा ऊर्जा देश का भाग्य बदल सकती है युवा पीढ़ी के साथ किसी भी तरह का संवाद हो उनसे हमेशा कुछ न कुछ सीखने को मिलता है और इसलिए मैं यथासंभव प्रयास करता हूं कि युवाओं से ज्यादा से ज्यादा मिलूं उनसे बात करूं उनके अनुभव सुनू उनकी आशाए उनकी आकांक्षाए जानकर उनके मुताबिक कुछ कार्य कर सकू प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के यूवाओं में विचारों की कमी नहीं है और नवाचार ही बेहतर भविष्य का आधार है

भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में ऐतिहासिक जीत के बाद भाजपा विधायक दल के नेता के चुनाव में मदद के लिए केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी और जुऐल ओराम को केन्द्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री माणिक सरकार ने अपना इस्तीफा राज्यपाल तथागत रॉय को भेज दिया है भाजपा सूत्रों ने बताया कि केंद्रीय मंत्री नई भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री के नाम का चयन करने के लिए आज या कल त्रिपुरा आयेंगे उनकी यात्रा के दौरान वे निर्वाचित सदस्यों और कोर कमेटी के सदस्यों से मिलेंगे उस बैठक के बाद वे अपनी रिपोर्ट भाजपा संसदीय बोर्ड को सौपेंगे साथ ही सूत्रों के अनुसार कुछ उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे है जिसमें भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विपल्ब कुमार देब कुमार जिष्णु देबबर्मन डॉ अतुल देबबर्मा और रामपडा जमातिया का नाम शामिल हैं

भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा कि पार्टी ने चुनाव से पहले जो गठबंधन किया था वह साधारण बहुमत के निकट है श्री माधव ने कहा कि एन डी पी पी भाजपा गठबंधन अगले कुछ दिनों में सरकार बनाने का दावा पेश करेगा मेघालय में नवनिर्वाचित विधायक एएल हेक भाजपा विधायक दल के नेता घोषित किए गए हैं केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजीजू ने ट्वीट कर यह जानकारी दी श्री रिजीजू ने कहा कि चूंकि भाजपा के पास आवश्यक संख्या बल नहीं है इसलिए पार्टी गठबंधन सरकार को समर्थन देगी

यह विजय राष्ट्रीय एकीकरण की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण विजय है इस विजय से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नये भारत तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना साकार हो रही है मुख्यंमत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की लगातार जीत इस बात की पुष्टि करती है कि पूर्वोत्तर राज्यों की जनता ने पधानमंत्री जी के विकास के माडल तथा सबका साथ सबका विकास की नीति पर अपनी मोहर लगा दी है यह इस बात की ओर भी संकेत देती है कि आने वाले चुनाव में भाजपा कर्नाटक केरल पश्चिमी बंगाल तथा उड़ीसा में भी अपना विजय पताका फहरायेगी आज लखनऊ के पार्टी कार्यालय में मीडिया को सम्बोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की जीत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वो नतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की कुशल रणनीति तथा पार्टी कायकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है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

विभिन्न राजनीतिक दल लोकसभा के इन उपचुनावों में जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे

इन उपचुनावों में सत्तारूढ़ भाजपा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज फूलपुर में भाजपा प्रत्याशी कौशलेन्द्र सिंह पटेल के समर्थन में चुनावी प्रचार करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो नही चाहिए यूवाओं तथा किसानों के साथ खिलावाड करने वाले की जगह सत्ता नहीं जेल होनी चाहिए श्री योगी ने कहा कि कार्यकर्ता की कोई जाति कोई क्षेत्र कोई मत और मजहब नहीं होता है

अराजकता के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलावाड़ करने वालों की जगह सत्ता नहीं जेल होनी चाहिए

ये आहवान करने के लिए आज ये आपके पास आया हूँ इसीलिए केशव जी की स्तुती पर भारतीय जनता पाार्टी के कोशलेन्द्र सिंह पटेल को अपना प्रत्याशी आपंके बीच में बनाया है

उन्होंने कहा कि यह कोई चुनावी गठबन्धन नहीं है बल्कि भाजपा को पराजित करने के लिए बसपा ने सपा को समर्थन देने का निर्णय लिया है बहुजन समाज पार्टी ने इन दोनों क्षेत्रों में अपना कोइ उम्मीदवार नहीं खड़ा किया है उन्होंने यह भी कहा कि बसपा के लोगों ने सपा से मिलकर राज्य सभा में एक उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सात विधायक हैं

बसपा प्रमुख ने स्पष्ट किया कि लोकसभा उपचुनाव राज्य सभा और विधान परिषद चुनाव में गैर भाजपा उम्मीदवारों को समर्थन दिये जाने का मतलब चुनावी गठबन्धन नहीं है

श्री मौर्या ने कहा कि गोरखपुर आर फूलपुर उपचुनाव में साठ प्रतिशत पर भारतीय जनता पार्टी लड़ रही हैं तथा चालीस प्रतिशत में अन्य सभी पार्टियां लड़ रही हैं

भारतीय जनता पार्टी की सुनिश्चित है और मैं यह मान रहा हूँ कि फूलपुर लोक सभा का चुनाव चाहे गोरखपुर लोकसभा का चनाव हो दोनों चुनाव में विकास का कमल खिलेगा सुशासन का कमल खिलेगा भ्रष्टाचार से मुक्ति का कमल खिलेगा लोगों को खुशहाली का कमल खिलेगा

मेरठ जिले के रिजवी ने इस प्रतियोगिता की दस मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा के फाइनल में दो सौ तेतालिस दशमलव तीन अंक का स्कोर किया रिजवी ने ओलंपिक चैंपियन जर्मनी के क्रिस्टियन रिटज को पछाड़कर पहला स्थान हासिल किया भारत के शीर्ष पिस्टल निशानेबाज जीतू राय ने इसी स्पर्धा में दो सौ उन्नीस अंक के स्कोर से कांस्य पदक हासिल किया वहीं ओम प्रकाश मिथारवल एक सौ अठ्ठान्नबे दशमलव चार अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहे